मध्यप्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज सम्मानित होंगी खेल हस्तियां

राष्ट्रीय जूनियर रोइंग चैम्पियनशिप आज से भोपाल में शुरू मेट्रो प्रदेश के दो प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में जल्द ही मेट्रो रेल दौड़ती नजर आयेगी केन्द्रीय कैबिनेट ने कल भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजुरी दे दी है

इसमें दो कॉरिडोर बनाये जाएंगे

बुधनी डुन्दौर रेलमार्ग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधनी इंदौर रेल मार्ग को औद्योगिक कॉरीडोर के रूप में विकसित किया जायेगा इस रेल मार्ग से रेहटी नसरुल्लागंज खातेगाँव और कन्नौद क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी तथा रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे श्री चौहान ने कल सीहोर जिले में बुधनी बरखेड़ा रेल खण्ड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए यह बात कही

आयुष्मान भारत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ शिवपूरी के लोगों को मिलना शुरू हो गया है यह योजना कई गरीब परिवारों के इलाज का सहारा बन चुकी है

तीन प्रशिक्षकों को विश्वामित्र अवार्ड दिया जायेगा वहीं इस वर्ष का लाइफ टाइम अचिव्हमेन्ट पुरस्कार बैडमिंटन खेल में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए धार के सुधीर वर्मा को दिया जायेगा

इस संबंध में कल राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा और स्कल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई राजभवन में हुई इस बैठक में राज्यपाल ने पढ़ें भोपाल कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आयोजित करने के निर्देश दिये

उन्होंने बताया कि राजभवन में पाँच हजार छात्र छात्राओं के लिये पुस्तक पढ़ने की व्यवस्था की गई है सैनिक रैली भूतपूर्व सैनिकों और सैनिक परिवारों की समस्याओं के निवारण के लिये सात अक्टूबर को सैनिक रैली का आयोजन भोपाल के बैरागढ के ईएमई सेंटर स्थित जीत स्टेडियम में किया जायेगा इस रैली में भोपाल रायसेन सीहोर विदिशा और होशंगाबाद जिले के भुतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग भाग ले सकते हैं रैली में पेंशन चिकित्सा सुविधा शासकीय नौकरी में आरक्षण दिये जाने के सम्बंध में अलग अलग स्टाल लगाकर जानकारियां उपलब्ध करवाई जायेगी

संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सहयोग से भोपाल के जलक्रीड़ा केन्द्र पर ये आयोजन किया जा रहा है

इसमें बालक और बालिका वर्ग में सिंगल स्कल डबल स्कल पेयर और कॉक्सलेस फोर इवेन्ट में खिलाड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे अब कुछ समाचार संक्षेप में प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये ट्रेन ग्वालियर से हर हफ्ते बुधवार शनिवार और रविवार को आगरा होते हुए अहमदाबाद के लिए चलेगी

खंडवा जिला प्रशासन द्वारा गुरूनानक स्टेडियम में रंगीन बल्बो की सीरिज से देश का नक्शा तैयार कराया गया यहां उपस्थित नागरिकों ने अपने मोबाइल की फलेस लाइट चमकाकर मतदान का संकल्प लेने का संदेश दिया चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर निगरानी के लिए कल खरगौन में एक प्रशिक्षण कार्यशाला हुई